ं केन्द्रीय आयुष मंत्री श्रीपद यशो नाईक ने आज राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में क्षेत्रीय औषध द्रव्य संग्रहालय का किया वर्चुअल उद्घाटन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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

उन्होंने वोकल फॉर लोकल के साथ ही लोकल फॉर दीवाली को बढ़ावा देने को कहा है प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये उत्तरप्रदेश के वाराणसी में विकास कार्यों के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे

उद्योग विभाग की आयुक्त अर्चना सिंह ने बताया कि इसके लिए राज्य के सभी औद्योगिक परिसंघों व राजकीय उपक्रमों में दीपावली पर दिए जाने वाले उपहारों में राजस्थान के हस्तशिल्प उत्पाद ही वितरित करने का आग्रह किया है

मतदान सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक होगा

मंतगणना के तुरंत बाद परिणाम जारी कर दिया जायेगा

इस बीच जयपुर नगर निगम से भाजपा महापौर प्रत्याशी कुसुम यादव के पति पर जयपुर हेरिटेज से कांग्रेस के पार्षद दशरथ सिंह ने पार्षद खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में परिवाद दर्ज करवाया गया है कांग्रेस पार्षद ने इस सम्बन्ध में एक रिकॉर्डिंग भी ब्यूरो को सौंपी है ब्यूरो ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है इस बीच भाजपा प्रवक्ता और चौमू विधायक रामलाल शर्मा ने इस सम्बन्ध में कांग्रेस पर भाजपा के विरुद्ध षड़यंत्र का आरोप लगाया है

कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी

चुनाव के लिए मतदान चार चरणों में होगा

इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस संक्रमण को लेकर पुरी सावधानी बरते जाने की अपील की

देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या लगभग पांच लाख नौ हजार है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

हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोडी सिंह बैंसला और राज्य के मंत्री अशोक चांदना के बीच आज जिले के सूरोठ में वार्ता हुई है इस बीच आज नौवें दिन भी भरतपुर जिले के पीलूपुरा में गुर्जरों का पड़ाव जारी है

ये संग्रहालय राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड आयुष मंत्रालय की ओर से स्थापित किया गया है संस्थान के प्रमुख प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया कि आज ही संस्थान में कोविड ओपीडी का भी लोकार्पण किया गया

हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता ने बताया कि शावकों की खबर के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है

सवाईमाधोपुर जिले के मलारना ड्रंगर में बेसन के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गये हैं